कारोबार के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा

सरकार के चौबीस प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढ़ाया गया

प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बनाई जा रही है कार्य योजना

सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ चौवालीस आत्मनिर्मर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने कल पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हए आत्मनिर्मर भारत योजना की घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण के बारे में जानकारी दी बीस लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज से सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों एमएसएमई श्रमिकों मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड़ रुपए के पन्द्रह विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की जो एमएसएमई विद्युत वितरण कंपनियों रियल एस्टेट मध्यम वर्ग करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और बारह महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापसी न करने की घोषणा की विरोष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है इसके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन तीन लाख करोड़ रूपये का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योगों को मिलेगा इसमें किसी को भी अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोर्लटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्ष की होगी पहला एक वर्ष उनको जिनके मूल धन का चुकाना नहीं पड़ेगा

सरकार के चौबीस प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढ़ाया गया है

बीस हजार करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड़ रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष इकत्तीस मार्च तक घटाकर पच्चीस प्रतिशत कर दिया गया है आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल तीस नवंबर कर दी गई है श्रमिकों के वेतन का बारह प्रतिशत ई पी एफ ओ में जमा कराने की अवधि तीन महीने के लिए और बढा दी गई है भवन निर्माण कंपनियों को राहत देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्री परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए छह महीने की और मोहलत दे दी है वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से आर्थिक व्रद्धि तेज होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना बतायी थी और भारत के लोगों से लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा की गई घोषणाओं से उद्योगों खासतौर पर सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा है कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे मौद्रिक तरलता बढ़ेगी कारोबारी अधिकार संपन्न बनेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुद्रढ़ होगी इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पहल बताया एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में यह विशेष आर्थिक पैकेज मील का पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रवासी कामगार तथा श्रमिक किसी भी दशा में पैदल यात्रा न करें प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाये और पैदल यात्रा करते हुए पाये जाने पर उन्हें उनके गृह जनपद भेजने के लिए वाहन उपलब्ध कराये जाएं सभी प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया जाए अस्वस्थ होने की दशा में उनके उपचार की व्यवस्था की जाए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्रहद कार्ययोजना बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों की बहाली के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिये प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल एक सौ पन्द्रह नए मामले मिलने के बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर तीन हजार सात सौ उन्तीस हो गई है एक हजार नौ सौ दो लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और तिरासी लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ चौवालीस है सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में संक्रमितों का आंकड़ा आठ सौ पांच हो गया है तीन सौ छब्बीस मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं जबकि चौबीस की मृत्यु हुई है दूसरे सबसे अधिक प्रभावित जिले कानप्र नगर में संक्रमितों की संख्या तीन सौ सात हो गई है यहां एक सौ इकसठ लोग अब तक ठीक हुए हैं और छः लोगों की मृत्यु हुई है मेरठ में अब तक दो सौ सड़सठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है सत्तर लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जबकि चौदह की मृत्यु हुई है लखनऊ में मिले दो सौ पैंसठ कोरोना संक्रमितों में से दो सौ ग्यारह लोग ठीक हो चुके हैं गौतमबुद्ध नगर में दो सौ अड़तीस मरीजों में से एक सौ इकतालीस लोग स्वस्थ हए हैं फिरोजाबाद में एक सौ चौरानबे में से एक सौ ग्यारह लोग स्वस्थ हो चुके हैं सहारनपुर में एक सौ बानबे में से एक सौ उन्सठ लोग ठीक हुए हैं मुरादाबाद जिले में एक सौ उन्तीस में से नब्बे लोग स्वस्थ हए हैं इसके अलावा वाराणसी में सत्तासी संक्रमितों में से इक्यावन लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं बुलन्दशहर में पचहत्तर में से चौवन लोग स्वस्थ हुए हैं रायबरेली में पचास में से पैंतीस लोगों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है अमरोहा में बत्तीस में से छब्बीस और शामली में बत्तीस में से सत्ताईस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं रामपुर जिले में इकत्तीस में से इक्कीस लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि मुजफ्फरनगर में छब्बीस संक्रमित व्यक्तियों में से उन्नीस का पूर्ण रूप से उपचार किया जा चुका है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड नाइन्टीन के चौहत्तर हजार दो सौ इक्यासी मामलों का पता चला है जिनमें से चौबीस हजार तीन सौ छियासी रोगी ठीक हो चुके हैं जबकि दो हजार चार सौ पन्द्रह रोगियों की मृत्यु हई है उन्होंने कहा कि पिछले चौदह दिनों में कोविड मामलों के द्गना होने की अवधि ग्यारह दिन थी लेकिन पिछले तीन दिनों में यह बढ़कर बारह दशमलव छः दिन हो गयी है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन बीमारी से मृत्यु दर तीन दशमलव दो प्रतिशत और ठीक होने की दर बत्तीस दशमलव आठ प्रतिशत हो गयी है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है इस श्रंखला में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों विशेष रूप से हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और कोविड नाइन्टीन की संक्रमण श्रृंखला तोड़ने की सलाह दी ये जो लॉकडाउन है इसको हम प्ररी तरह से सक्सेसफूल करें कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोचकर कि ये हमें असर नहीं करेगा हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से द्रसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो प्ररा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है तो इसलिए मैं सारे लोगों से ये ही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें स्पेशली जहां पर हॉटस्पॉट हैं वंदे भारत मिशन के तहत छः दिन में आठ हजार पांच सौ तीन भारतीयों को स्वदेश लाया गया है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से संचालित तैंतालीस उड़ानों से इन्हें वापस लाया गया है